चारों दोषियों को फांसी दिये जाने का रास्ता साफ

अब बीस जनवरी को निर्णय की संभावना

और पूरा प्रदेश कड़ाके की ठंड और शीतलहर की चपेट में

उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्भया दुष्कर्म मामले में दो दोषियों मुकेश और विनय की क्यूरेटिव याचिका को खारिज किये जाने के बाद मामले के सभी दोषियों को फांसी दिये जाने का रास्ता साफ हो गया है चारों दोषियों को इस महीने की बाईस तारीख को फांसी दी जानी है न्यायमूर्ति एन वी रमण की अध्यक्षता वाली पांच जजों की पीठ ने सर्वसम्मति से यह फैसला दिया फांसी की सजा के स्थगन के आवेदनों को भी निरस्त कर दिया गया दिल्ली की एक अदालत ने सात जनवरी को इन चार मूजरिमों को फांसी की सजा के लिए वारंट जारी करते हुए फैसला दिया था कि बाईस जनवरी को सुबह सात बजे तिहाड़ जेल में इन लोगों को फांसी दी जाए इस मामले में दोषी मुकेश ने तिहाड़ जेल प्रशासन को दया याचिका सौंपी है उसने दिल्ली उच्च न्यायालय में भी याचिका दायर कर निचली अदालत द्वारा सुनाये गये फांसी की सजा को खारिज करने का भी अनुरोध किया है मुकेश की अर्जी पर कल उच्च न्यायालय सुनवाई करेगा मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण कांड में अब बीस जनवरी को फैसला आयेगा मामले के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर के वकील ने दिल्ली की साकेत स्थित विशेष पोक्सो अदालत के समक्ष याचिका दायर कर दावा किया कि मामले में अभियोजन पक्ष के गवाह विश्वसनीय नहीं थे इसके बाद अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सौरभ कुलश्रेष्ठ ने फैसला टालते हुए सीबीआई को नोटिस जारी कर दो दिनों के भीतर जवाब मांगा इससे पूर्व भी अदालत इस मामले में दो बार फैसला टाल चुकी है

श्री योगी आज गया में इस कानून के समर्थन में आयोजित एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि सीएए का उद्देश्य पड़ोसी देशों पाकिस्तान बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धार्मिक प्रताड़ना के शिकार भारत आये लोगों को नागरिकता प्रदान करना है श्री योगी ने कहा कि इससे किसी भी भारतीय को डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि यह किसी की नागरिकता नहीं छीनता है सभा को पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी और प्रेम कुमार ने भी संबोधित किया इधर केन्द्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने भागलपुर और गिरिराज सिंह ने बेगूसराय जिले में सीएए के समर्थन में जनसंपर्क अभियान चलाया राज्य सरकार मुजफ्फरपूर जिले के पांच प्रखंडों मोतीपूर बोचहा कांटी मुसहरी और मीनापुर में एईएस से प्रभावित गरीब परिवारों को आवास उपलब्ध करायेगी मुख्यमंत्री नीतीश क्रमार की अध्यक्षता में आज मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गयी पांचों प्रखंड संदिग्ध मस्तिष्क ज्वर एईएस से प्रभावित हैं प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की प्रतीक्षा सूची से छूटे लाभार्थियों को इस योजना का लाभ मिलेगा वहीं एक अन्य फैसले में पूर्णिया सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल को तीन सौ बेड के अस्पताल से पांच सौ शैय़या वाले अस्पताल में अपग्रेड करने की भी मंजूरी दी गयी देशभर के विद्यार्थी शिक्षक और अभिभावक परीक्षा पे चर्चा दो हजार बीस कार्यक्रम में बातचीत के लिए उत्सुक हैं यह कार्यक्रम नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में बीस जनवरी को आयोजित किया जाएगा इस कार्यक्रम में देशभर से दो हजार से अधिक विद्यार्थी शिक्षक और अभिभावक भाग लेंगे प्रधानमंत्री परीक्षा में तनावमुक्त रहने के बारे में विद्यार्थियों से बातचीत करेंगे केंद्रीय विद्यालय आर्मी एरिया पूणे की ग्यारहवीं कक्षा की छात्रा पारिजात साहू ने आकाशवाणी से बातचीत में कहा कि वे प्रधानमंत्री से बातचीत के लिए बहुत उत्सुक हैं

इस कार्यक्रम में शामिल होना मेरे पूरे जीवन के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी मैं बहुत उत्साहित हूं दिल्ली में जाने के लिए नई नई चीजें सीखने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी से मिलने के लिए उनसे बातें करने के लिए केंद्रीय विद्यालय नागपुर की नौवीं कक्षा की छात्रा दीक्षा ने आकाशवाणी को बताया कि इस कार्यक्रम से उन्हें निश्चित रूप से मार्गदर्शन प्राप्त होगा

अनुदानित दर पर कृषि यंत्रों की खरीद के लिए किसान इकतीस जनवरी तक कृषि विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने बताया कि इक्यासी प्रकार के कृषि यंत्रों पर पचहत्तर प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है जबकि अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के किसानों के लिए पांच प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान की व्यवस्था की गयी है

सर्द पछ्आ हवा के कारण लोगों को कनकनी का एहसास हो रहा है मौसम विभाग के अनुसार कल से औसत तापमान में दो से चार डिग्री सेल्सियस की बढोतरी हो सकती है हालांकि सुबह के समय घना कोहरा छाया रहेगा विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश से लगे जिलों में सत्रह जनवरी को हल्की बारिश का भी पूर्वानुमान जारी किया है आज छह डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ सबौर और डिहरी प्रदेश के सबसे ठंडे स्थान रहे पटना और दरभंगा का न्यूनतम तापमान सात दशमलव छह गया का आठ दशमलव चार और भागलपुर का आठ दशमलव सात डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया ठंड को देखते हुए पटना जिला प्रशासन ने सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में वर्ग पांच तक की कक्षाओं को सोलह जनवरी तक के लिए बंद रखने का निर्देश दिया है कटिहार जिले के अमदाबाद थाना क्षेत्र अंतर्गत भोलामारी गांव के पास अपराधियों ने एक बैंक ग्राहक सेवा केन्द्र के संचालक से सात लाख रुपये लूट लिये पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने बताया कि तीन अपराधियों ने हथियार के बल पर घटना को अंजाम दिया इधर वैशाली जिले के विदुपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत चकमसूद ब्रलनसराय में अपराधियों ने हथियार के बल पर एक निजी फाईनांस कंपनी के कर्मचारी को बंधक बनाकर एक लाख आठ हजार रुपये लूट लिये बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् ने सर्व शिक्षा अभियान के शिक्षकों के वेतन के लिए सात सौ उनहत्तर करोड़ रुपये की राशि जारी कर दी है इस राशि के आवंटन के बाद इस अभियान मद से वेतन पाने वाले शिक्षकों को दिसम्बर माह तक के वेतन का भुगतान हो जायेगा मकर संक्रांति के अवसर पर बांका में आज से राजकीय बोंसी मेला मंदार महोत्सव की शुरूआत हो गयी है मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ साथ खेल प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जा रहा है राजस्व और भूमि सुधार मंत्री राम नारायण मंडल ने मेले का उद्घाटन किया गया जिले के मोहरा प्रखंड में गर्म कूंड के पास लगने वाला तपोवन महोत्सव आज से शुरू हो गया इसका उद्घाटन ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने किया महोत्सव के दौरान गीत संगीत और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जायेगा

उन्होंने फणीश्वरनाथ रेणु के साहित्य पर कई शोधग्रंथ लिखे थे कटिहार जिले के सहायक थाना क्षेत्र स्थित गौशाला बांध पर छापेमारी के लिए गयी उत्पाद विभाग की टीम पर स्थानीय लोगों ने हमला कर दिया जिसमें दो कर्मी गंभीर रूप से घायल हो गये

इस अवसर पर ऊर्जा मंत्री विजेन्द्र प्रसाद यादव ने औपचारिक समारोह का उद्घाटन किया नालंदा जिले के बिहार थाना क्षेत्र में चौक बाजार स्थित एक आभूषण दुकान से चोरों ने दस लाख रूपये मूल्य की संपत्ति चुरा ली सीवान जिले के गुठनी थाना क्षेत्र में सिरकलपुर चेक पोस्ट पर पुलिस ने एक वाहन से इक्यावन कार्टन विदेशी शराब के साथ दो लोगों को गिरफ्तार किया है पटना जिले के भदौर थाना क्षेत्र में पोखरपर गांव के पास पेड़ से टकरा जाने के कारण मोटरसाइकिल सवार एक युवक की मौत हो गयी दरभंगा जिले के लहेरिया सराय थाना क्षेत्र के सैदनगर से पूलिस ने हथियारों के साथ दो अपराधी को गिरफ्तार किया है

चारों दोषियों को फांसी दिये जाने का रास्ता साफ

अब बीस जनवरी को निर्णय की संभावना

और पूरा प्रदेश कड़ाके की ठंड और शीतलहर की चपेट में